उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है कि हाल के कृषि सुधारों के विषय में सभी चिंताएं दूर की जाएंगी प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि हाल में बनाये गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बहत लाभदायक हैं प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता किसानों के फायदे के इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और भ्रामक बाते फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं उन्होंने लोगों से इस बातें पर विचार करने को कहा कि अगर सरकार का इरादा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ही होता तो वह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों अमल करती प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि देश में कृषि उपज का विपणन करने वाली कोई भी मंडी बंद नहीं की जाएगी सरकार ने मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए पांच सौ करोड रुपये से अधिक की योजना बनाई है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने केन्द्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया से प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापित करने का आग्रह किया है

जयराम ठाकर ने हिमाचल में पर्यटन गतिविधियों को बढावा देने के लिए जलयान सुविधा आरम्म करने की संमावनाओं का पता लगाने की भी बात कही केन्द्रीय राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री के आग्रह को सैद्वांतिक रूप से मंजूर करते हुए इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा इस बीच मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी भेंट की सीएम मेंट राज्य सरकार जनजातीय पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों के संतुलित व सर्वागीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे सरकार की कल्याण कारी योजनाओं का लाभ उठा सके े ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में भरमौर के विधायक जियालाल कपूर की अध्यक्षता में पांगी भरमौर के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही उन्हौंने कहा कि पांगी भरमौर क्षेत्र प्रदेश का सबसे दुर्गम इलाका है और सरकार विकास की दृष्टि से इसे विशेष महत्व प्रदान कर रही है मारकण्डा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा है कि सरकार आईटीआई में व्यवहारिक व रोज़गार देने वाले पाठयक्रम शुरू करने पर बल दे रही है वे आज सोलन जिला के कण्डाघाट विकासखण्ड के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सायरी का निरीक्षण करने के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सायरी में एक वर्ष में आईटीआई का नया भवन तैयार किया जाएगा उन्होंने इसके लिए चयनित भूमि का निरीक्षण भी किया मारकण्डा ने यहां अगले वर्ष से दो और ट्रेड आरम्भ करने का आश्वासन भी दिया

आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से सभी ज़िला व मण्डल अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी

सुरेश कश्यप ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे